प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिज्तान के राष्ट्रपति जीनबेकॉफ ने भारत किर्गिज व्यापार मंच का संयुक्त रूप से किया उदघाटन उन्होंने अपने अपने व्यापार समुदायों से दोनों देशों में नई संभावनायें तलाशने को कहा थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मई में बाईस महीने के सबसे निचले स्तर दो दशमलव चार पांच प्रतिशत पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सड़क निर्माण में नवीन तकनीकी के प्रयोग से लागत में कमी के साथ साथ पर्यावरण संतुलन को भी मिला है बल शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों ने आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की कड़ी निन्दा की है किर्गिज्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शिखर सम्मेलन में इन नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग सुदृढ़ करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे का राजनीतीकरण नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में दोहरे मानदंड भी नहीं अपनाये जाने चाहिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर विस्तृत संधि के बारे में आम राय कायम करने की आवश्यकता पर जोर दिया सम्मेलन में इस बारे में एक संयुक्त घोषणा भी जारी की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों ने कल पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया अपने भाषण में श्री मोदी ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए विश्व समुदाय से एकजुट होकर प्रयास करने को कहा इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए आतंकवाद को प्रोत्साहन समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले रास्तों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेडस के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन बढ़ावा और आर्थिक सहायता देने वाले राष्ट्रों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद और अतिवाद की कार्रवाई को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति जीनबेकोफ ने कल भारत किर्गिज व्यापारिक मंच का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया दोनों नेताओं ने भारत और किर्गिज्तान के व्यापारिक समुदाय को द्वपिक्षीय संबंधों को और सुद्गढ करने के लिए संभावनाओं का पता लगाने का आग्रह किया ट्विपक्षीय बैठकों के बाद दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के पन्द्रह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये जिनमें रणनीतिक रक्षा साझेदारी भी शामिल है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न सेवाओं में सार्वजनिक निवेश जनता के जीवन की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण निर्धारक है कल नई दिल्ली में सामाजिक क्षेत्र के समूहों के साथ बजट पूर्व पांचवीं परामर्श वैठक में उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के लिए सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने युवाओं को कौशल संपन्न बनाने रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने महिलाओं के सशक्तीकरण और मानव विकास में सुधार के लिए वचनबद्व है केन्द्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली अंशदान राशि की दर साढ़े छह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है आकाशवाणी के साथ बातचीत में निगम के महानिदेशक राजकुमार ने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों पर अंग्रदान का बोझ एक दशमलव सात पांच प्रतिशत से घटकर शून्य दशमलव सात पांच हो जायेगा जिससे उन्हें फायदा होगा घटी हुई दरों के हिसाब से जो वर्कर्स हैं जो इम्पलाइज हैं उनके लिए अंशदान की जिम्मेदारी घटकर मात्र जीरो दशमलव सात पांच प्रतिशत रह जाएगी और हमारे जो नियोक्ता हैं उनकी अंरादान की जिम्मेदारी भी घटकर तीन दरामलव दो पांच प्रतिशत रह जाएगी तो ये दोनों कर्मचारियों के लिए और नियोक्ताओं के लिए बड़ी राहत के स्वरूप में इसे देखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के बायर्स विल्डर्स एवं अन्य संगठनों के समस्याओं के समयवद्व निस्तारण का निर्देश दिया है कल ग्रेटर नोएडा के सभागार में हई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षो में बायर्स की समस्याओं के सम्बंध में प्रदेश सरकार द्वारा कारवाई की गयी है तथा करीब एक लाख बायर्स को पलैट उपलब्ध कराए गये हैं श्री योगी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में विगत दो वर्षो में लगभग बावन हजार फ्लैटो पर कब्जा दिलाया गया बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री जय प्रताप सिंह औद्योगिक विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा के अलावा अन्य जन प्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई माह में गिरावट से बाईस महीनों के सबसे निचले स्तर दो दशमलव चार पांच प्रतिशत दर्ज हुई खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति में गिरावट रही कल जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने के दौरान थोक मुद्रा स्फीति तीन दशमलव शुन्य सात प्रतिशत थी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नौजवानों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में कौशल संपन्न बनाने के लिए सिस्को और एसेन्ट्योर के साथ सहयोग किया है देशभर से आई टी आई के करीब पन्द्रह लाख विद्यार्थी भारत कौशल पोर्टल के जरिए डिजिटल लनिंग मॉड्यूल का फायदा उठा सकेंगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य में सड़क निर्माण के लिए नवीन तकनीकी के उपयोग से न सिर्फ लागत में कमी आयी है बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बरकरार रहा है श्री मौर्य ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि नवीन तकनीकी के इस्तेमाल के मामले में प्रदेश का लोक निर्माण विमाग देश में सबसे आगे है श्री मौर्य ने कहा कि नवीन तकनीकी का इस्तेमाल के कारण लगभग नौ सौ बयालीस करोड़ रूपये एक वित्तीय वर्ष में बचत किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टीवी चौनलों को सलाह दी है कि वे संबंधित भाषाओं में भी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के टेलीविजन धारावाहिकों की कास्टिंग क्रेडिट और शीर्षक प्रदर्शित करने पर विचार करें विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे टीवी धारावाहिकों और कार्यक्रमों की कास्टिंग के बारे में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के लोगों को बहमूल्य जानकारी मिलेगी प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है तेज़ गर्मी की वजह से आम जन जीवन प्रभावित है और अनेक जगहों पर पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है बांदा पैंतालिस डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा

भीषण गर्मी के चलते राज्य में कई जगहों पर पानी की किल्लत पैदा हो गई है और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित है लोगों का अधिकांश समय पानी ढोने में चला जाता है और रोजाना कमाने खाने वालों तथा मजदूरों को इस समस्या का सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज धूल भरी आधियों और तेज गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत कल भारतीय पुलिस सेवा के छह वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद कुमार को इसी पद पर कारागार प्रशासन और सुधार सेवाओं के पद पर स्थानांतरित किया गया है जबकि उनकी जगह अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीवी रामाशास्त्री की तैनाती की गयी है एडीजी सतर्कता ब्रजभूषण को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन बनाया गया है जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर पुलिस महानिदेशक दीपेश जुनेजा को एडीजी सुरक्षा का दायित्व दिया गया है एडीजी सुरक्षा विजय क्मार को पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी दी गयी है कारागार प्रशासन के अपर महानिदेशक चन्द्र प्रकाश को एडीजी नियम और ग्रन्थ के पद पर स्थानांतरित किया गया है